मुख्यमंत्री का उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए सहयोग का आग्रह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा सफलता के लिए अनुशासन और समर्पण ज़रूरी पहली एशियन राफिटंग चैम्पिनशिप अगले साल मनाली में विश्व राफिटंग एसोसिएशन ने दी हरी झंडी

राज्य निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं

धर्मशाला और पच्छाद दोनों ही स्थानों पर राजकीय महाविद्यालयों को मतगणना कोन्द्र बनाया गया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य के उद्यमी प्रदेश के ब्रांड एम्बेसेडर हैं और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए सहयोग देने का आग्रह किया मुख्यमंत्री गत देर रात सोलन ज़िला के बद्दी में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ की रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है उद्योग प्रदेश में न केवल लारवों युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि करोड़ों रूपये के करों के रूप में प्रदेश के खजाने में भी योगदान दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमियों को उत्तम वातावरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है इसी का नतीजा है कि प्रदेश को ईज़ ऑफ डुईंग रिफॉर्मस में फास्ट मूवर्स की श्रेणी में पहला स्थान मिला है प्रकाश जावड़ेकर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मामले मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतरराष्ट्रीय हिम तेंद्आ दिवस के अवसर पर देश में हिम तेंद्ओं की गणना के लिए पहले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का आज शुभारंभ किया

वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा कार्यक्रम की संचालन समिति की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वास जताया कि इसके दायरे में आने वाले सभी देश मिलकर काम कर सकते हैं और हिम तेंदुओं की गणना कर सकते हैं उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हरित अर्थव्यवस्था और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सभी देशों के बीच सहयोगपर विचार हो

माना जाता है कि भारतमें हिम तेंदुओं की संख्या चार सौ से सात सौ तक हो सकती है जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरूणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाये जाते हैं हिम तेंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा उनके शिकार का है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में नवीनतम तकनीकों और सकारात्मक बदलावों की आवश्यकता है इससे छात्रों को मजबूत नींव प्रदान होगी और उनका समग्र विकास संभव हो पाएगा शिक्षा मंत्री आज शिमला में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित शिक्षकों की पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने संस्कारयुक्त और रचनात्मक शिक्षा पद्धति पर बल दिया ताकि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यावसायिक और गुणात्मक शिक्षा पर बल दे रही है

इससे किसानों की आर्थिकी प्रमुख रूप से मजबूत होगी राम स्वरूप शर्मा आज कृषि विज्ञान केन्द्र सुंदरनगर द्वारा निहरी क्षेत्र के बदैहन में आयोजित एक दिवसीय किसान गोष्ठी व मेले में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे सुंदननगर के विधायक राकेश जमवाल इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सपना था कि देश में गरीबों व असहायों के उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए जाएं इस सपने को पूरा करने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार अन्तोदय की भावना से काम कर रही है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं का आहवान किया है कि वे अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें ताकि वह भविष्य में देश व प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें राज्यपाल सोलन जिला के कंडाघाट में राजकीय महिला बहु तकनीकी संस्थान में छात्राओं अध्यापकों और अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अनुशासन व समर्पण के साथ ही शिखर पर पहुंचा जा सकता है उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सफलता प्राप्त करने का यही मूल मंत्र है राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से महापुरूषों का जीवन चरित्र पढ़े और इससे प्रेरणा लें राफिटंग पर्यावरण संरक्षण और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबंधित खेल संस्थान मनाली का चार दिवसीय रीवर राफि्टंग अभियान आज मनाली से आरंभ हुआ वन व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने इस दल को मनाली के बाहणु पुल के पास हरी झंडी दिखाई और स्वयं भी पतली कूहल तक राफ्टिंग कर इन जांबाजों का हौसला बढ़ाया

गोबिंद ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश अब रीवर राफिटंग में देशभर में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है और विश्व राफ़िटंग एसोसिएशन ने अगले वर्ष मनाली में प्रथम एशियन राफ़िटंग चैम्पिनशिप के लिए हरी झंडी दे दी है

संयुक्त अरब अमीरात इस आयोजन में भागीदार देश है कुंडू ने बाद में केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी भेंट की तथा उन्हें इस आयोजन के उद्देश्य व लक्ष्यों के बारे में बताय अमित कश्यप उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि दीवाली के दौरान सरकारी तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम शिमला के क्षेत्र में केवल चिन्हित स्थानों पर पटाखों की बिकी की जा सकेगी इन स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखे रखने उनकी बिकी तथा उनके लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है

दौड़ को ज़िला पुलिस अधीक्षक मधू सूदन शर्मा ने ठोडो मैदान में हरी झंडी दिखाई उन्होंने बाद में हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया मधू सूदन शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस हाफ मैराथन का उद्देश्य लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना था ताकि विकट परिस्थितियों में लोग हालात को संभाल सकें और जोखिम को कम किया जा सके

इसके बावजूद इस पुल से बड़े और भारी वाहनों का गुजरना जारी है ये पुल सीमा सड़क संगठन के तहत आता है स्थानीय लोगों की मांग है कि सीमा सड़क संगठन और प्रदेश सरकार तुरंत इस पुल की सुध लें ताकि कोई भी बड़ा हादसा रोका जा सके